विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत ने स्वच्छ पर्यावरण के लिए अपनी प्रतिबद्वता दोहराई देश में सातवीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू रमजान के पवित्र महीने के पूरा होने के अवसर पर हर्षोल्लास के साथ कल प्रदेश भर में मनाई गई ईद

सरकारी सुत्रों के अनुसार निवेश और विकास के बारे में पांच सदस्यों वाली इस मंत्रिमंडलीय समिति में गृह मंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा रेलवे मंत्री पीयूष गोयल शामिल हैं रोजगार और कौशल विकास के बारे में मंत्रियों की दस सदस्यों वाली एक और समिति भी गठित की गई है इस समिति में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान कौशल और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार और आवास तथा शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी शमिल हैं समिति में अमित शाह निर्मला सीतारामन पीयूष गोयल और नितिन गडकरी भी शामिल है भारत ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर स्वच्छ पर्यावरण के लिए देश की प्रतिबद्वता दोहराई है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत जलवायू परिवर्तन की समस्या का समाधान करने और अगली पीढ़ी को अधिक हरित और पारिस्थितिकी अनुकल परिवास उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्द है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि प्रकृति के साथ सामाजस्य से बेहतर भविष्य होगा दुनियाभर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए हर वर्ष पांच जून को यह दिवस मनाया जाता है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस अवसर पर कल नई दिल्ली में पर्यावरण भवन में एक पौधा लगाया उन्होंने देश के राजमार्गो के किनारे सवा सौ करोड़ वृक्ष लगाने के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के फैसले का स्वागत किया प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए प्रत्येक नागरिक को कम से कम आठ से दस पौधे लगाने चाहिए हम एक नया कार्यक्रम स्कूल नर्सरी शुरू करेंगे स्कूल के बच्चे वन विभाग के सहयोग से बीज रोपण करना सीखेंगे पौधा आएगा उसको सैप्लिंग को एक साल बढ़ाएंगे और अपने एनुअल एग्जाम के साथ एक ट्रॉफी के रूप में घर ले जाएंगे प्रकाश जावडेकर आज मुंबई में फिल्म प्रभाग के परिसर में पौधरोपण करेंगे वे हाल ही में शुरू किए गए हैशटैग सेल्फी विद सेपलिंग अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देंगे वे फिल्म उद्योग के जाने माने सितारों से इस अभियान का प्रचार प्रसार करने को कहेंगे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पर्यावरण के संरक्षण और पानी को बचाने के लिए जनांदोलन छेड़ने की आवश्यकता है कल विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को जल संरक्षण और नदियों को बचाने के कार्य की जिम्मेदारी उठानी चाहिए प्रकृति और पर्यावरण के साथ में जो हमारा सहज संबंध था ये चिंता का विषय आज है लेकिन ये चिंता का विषय होने के बजाय विंतन का विषय बने और चेतना का विषय बने इस दिशा में हमको बहुत तेजी से आगे बढ़ने की और काम करने की आवश्यकता है खेल मंत्री किरेन रिजिज् ने घोषणा की है कि भारतीय खेल प्राधिकरण और विभिन्न खेल अकादमियों को पर्यावरण की दृष्टि से और अधिक अनुकूल बनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कल अशोक का पौधा रोपकर उन्होंने धरती को हराभरा बनाने का भी संकल्प लिया उन्होंने कहा कि यह दीर्घकालीन पहल की श्रुआत है और भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी स्टेडियमों और अकादमियों में कई पैधे रोपे जाएंगे पर्यावरण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी समाचार की प्रधान महानिदेशक ईरा जोशी ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी भवन परिसर में पौधे लगाए इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित थे उधर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण में सन्तुलन बनाये रखने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने पर बल दिया है कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्रों को भी सहयोग करना चाहिए मुख्यमंत्री ने बताया कि इस वर्ष प्रदेश में तेईस करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास के परिसर में रूद्राक्ष और बेल के पौधे भी लगाये इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टण्डन और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित थे सातवीं आर्थिक गणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं और उम्मीद है कि जून के अंत या जुलाई के शुरू में पूरे देश में गणना का कार्य शुरू हो जाएगा केन्द्रीय सांख्यिकी मंत्रालय योजनादद्व तरीके से कार्यक्रम का क्रियान्वयन करेगा आर्थिक गणना के इस विशाल कार्य को पूर्ण करने के लिए राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सातवीं आर्थिक गणना में शामिल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए राज्य स्तर पर कार्यशाला का आयोजन आज से शुरू हो जाएगा आर्थिक गणना में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर स्थापित सभी प्रतिष्ठानों और व्यापारिक संस्थानों की पूरी गणना की जाती है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों से योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का आग्रह किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि योग से बहत लाभ हैं उन्होंने योगासन पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है सरकार ने इस महीने की इक्कीस तारीख को अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दिल्ली शिमला मैसूरू अहमदाबाद और रांची का चयन किया है ईद उल फित्र का पर्व कल प्रदेश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया लोगों ने ईदगाहों और मस्जिदों में जाकर ईद की विशेष नमाज अदा की तथा एक दूसरे से गले मिलकर पर्व की बधाई दी विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर नमाज अदा की गयी सभी मस्जिदों और ईदगाहों की सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गये थे इसके अलावा साफ सफाई और रौशनी की भी व्यवस्था की गयी थी राज्यपाल राम नाईक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में ऐशबाग ईदगाह और बड़ा इमामबाड़ा जाकर लोगों को ईद की बधाई दी कानपुर इलाहाबाद वाराणसी बरेली मुरादाबाद मुजफ्फरनगर मथुरा और गोरखपुर सहित प्रदेश में सभी स्थानों पर ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने की खबर है सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद लोग देर शाम तक एक दूसरे के घर जाकर पर्व की बधाई देते देखे गए सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत संचालित जन शिक्षण संस्थानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों का शिक्षण शुल्क माफ कर दिया है

भारतीय रिजर्व बैंक की छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति आज वर्तमान वित्त वर्ष की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी करेगी बैंक दरों में एक चौथाई प्रतिशत की कटौती की उम्मीदों के बीच समिति की तीन दिन की बैठक मंगलवार को मम्बई में शुरू हई थी वर्तमान में प्रमुख बैंक दर यानी रेपो रेट छह प्रतिशत है पिछली दो नीतियों में रेपो दर में चौथाई चौथाई प्रतिशत की कटौती की गई थी आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि बैंक की ब्याज दरों में और कटौती करने की पूरी गुजाइश है क्योंकि लगातार पिछले नौ महीनों से मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के मध्यावधि लक्ष्य चार प्रतिशत के नीचे बनी हई है उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत का कल अमरीका में देहांत हो गया जहां वे फेफडे की बीमारी का इलाज करा रहे थे वे उन्सठ वर्ष के थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि प्रकाश पंत के संगठनात्मक कौशल ने भाजपा को मजबूत किया और उनके प्रशासनिक कौशल ने उत्तराखण्ड की प्रगति में बड़ा योगदान दिया